आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें

सभी सूरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने बताया कि रोहतक पुलिस के कर्मचारियों को कोरोना महामारी से बचाव हेत् टीकाकरण किया जा रहा हा कोरोना संक्रमित जवानों के लिए वाट्सएप्प ग्रुप बनाया गया ह और पृलिस अस्पताल की टीम दवारा जवानों की प्रतिदिन वीडियो कॉल के माध्यम से जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते है हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मृख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का सुचारू क्रायान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय कार्यदल का गठन किया हण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग होगा

इसके लिए लाभार्थी को को विन पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से समय और टीकाकरण के लिए जगह की जानकारी दी जायेगी आज चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हई अधिकारियों की बठक मे यह फ्र्मला लिया गया

निजी अस्प्ताल वक्तसीन सीधे दवा निर्माताओं से प्राप्त करेंगे